बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है अठाईस नवम्बर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल पांच बैठकें होंगी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने सत्र के शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों से सहयोग की अपील की है इधर विपक्ष ने कहा है कि कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरा जायेगा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति के साथ साथ बाढ़ सुखाड़ पटना में हुये भीषण जल जमाव और डेंगू के प्रकोप जैसे मुद्दों को सदन में उठाया जायेगा वहीं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष लोकहित के जो भी मुददे उठायेगा सरकार सदन में उसका जवाब देगी सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के प्रक बजट के साथ साथ कई अन्य विधेयक पारित करने के लिए सदन पटल पर रखे जायेंगे विधान मंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर आज जदयू और राजद विधानमंडल दल की पटना में बैठक होगी पटना उच्च न्यायालय ने प्रदेश की अदालतों में शराबबंदी से जुड़े मामलों की बढ़ती संख्या पर गम्भीर चिंता जताते हुये आज राज्य के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार की खंडपीठ ने एक जमानत याचिका को जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई करते हुये मुख्य सचिव को यह बताने को कहा है कि राज्य सरकार शराबबंदी के बढ़ते मामलों के बोझ को कम करने के लिए क्या उपाय कर रही है शिक्षा विभाग ने प्रदेश के आठ विश्वविद्यालयों के कूल सचिव और वित्त शाखा के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के वेतन पर रोक लगा दी है विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने बताया कि सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप भुगतान के लिए जरूरी आय व्यय की जानकारी नहीं उपलब्ध कराने के कारण यह कार्रवाई की गयी है पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी और रक्सौल थाना क्षेत्रों से सीमा शुल्क विभाग एसएसबी और एलसीएस की टीम ने छापेमारी कर पांच करोड़ रूपये मूल्य की चौदह ट्रक प्याज बरामद की है सीमा शुल्क विभाग के उपायुक्त आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्याज की यह खेप नेपाल भेजी जा रही थी उन्होंने बताया कि अठाईस चालक और परिचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है बिस्कोमान आज से पटना में पैंतीस रूपये प्रति किलो की दर से प्याज की बिक्री करेगा बिस्कोमान के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए गांधी मैदान स्थित बिस्कोमान टावर में दस काउंटर खोले गये हैं साथ ही पटना के सभी प्रमूख चौक चौराहे पर भी बिक्री केन्द्र खोले गये हैं श्री सिंह ने कहा कि लोगों को सस्ता प्याज उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान से पच्चीस ट्रक प्याज मंगाया गया है एक व्यक्ति को अधिकतम दो किलो प्याज दिया जायेगा श्री सिंह ने बताया कि जल्द ही सासाराम आरा हाजीपुर जमुई और बिहारशरीफ में भी बिक्री केन्द्र खोलकर लोगों को सस्ता प्याज उपलब्ध कराया जायेगा प्रदेश में अगले वर्ष बाढ़ नियंत्रण और राहत की एक सौ बाईस योजनाओं पर सात सौ चार करोड़ रूपये से अधिक खर्च किये जायेंगे जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा की अध्यक्षता में राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में इन योजनाओं पर जनवरी से काम शुरू कर इसे पन्द्रह मई तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया बरौनी स्थित बिजली घर की एक और यूनिट बनकर तैयार हो गयी है अभी इस यूनिट का ट्रायल चल रहा है ट्रायल सफल होने के बाद इस यूनिट से बिजली का व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा प्रदेश के किसानों से फसल क्षति अनुदान के लिए अब तीस नवम्बर तक आवेदन लिये जायेंगे

उन्होंने बताया कि अब तक अनुदान के लिए पन्द्रह लाख बासठ हजार आवेदन प्राप्त हुये हैं राज्य के सभी स्कूलों के बच्चे खेतों में पुआल नहीं जलाने और फसल अवशेष प्रबंधन की शपथ लेंगे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने बताया कि इस संबंध में उनतीस नवम्बर को स्कूलों में विशेष सत्र आयोजित किया जायेगा पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए आज अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा चौबीस से छब्बीस नवम्बर तक नामांकन पत्रों की बिक्री होगी वहीं छात्र छब्बीस से अठाईस नवम्बर तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे उनतीस नवम्बर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और तीस नवम्बर को योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की जायेगी

केन्द्र सरकार ने निजी और सरकारी वाहन मालिकों को एक दिसम्बर तक मूफ्त फास्ट टैग देने की घोषणा की है केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन प्राधिकरण हर वाहन मालिकों एक फास्ट टैग निःशुल्क देगा

गौरतलब है कि एक दिसम्बर से सभी वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया है इस टैग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एनएचएआई के टोल प्लाजा पर कैशलेस शुल्क का भुगतान किया जाता है प्रदेश के सभी टोलों और बसावटों को अगले चार महीने के अन्दर सड़क से जोड़ दिया जायेगा ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि ग्राम टोला सम्पर्क निश्चय योजना के तहत तीन हजार नौ सौ सतहत्तर किलोमीटर लक्ष्य के विरूद्ध अब तक दो हजार आठ सौ तेरह किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा किया जा चुका है आरा स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की एक शाखा से पिछले दिनों तीस लाख रूपये हुई लूट के मामले में पुलिस ने बीस लाख रूपये बरामद कर लिये हैं इस मामले में अब तक छह अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को मुजफ्फरपुर केन्द्रीय कारा में अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने वाले तत्कालीन जेल अधीक्षक राजीव कुमार झा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गयी है रोहतास जिला खनन कार्यालय में पदस्थापित लिपिक आसिफ इकबाल को वाहन मालिकों और चालकों से अवैध वसूली करने और विभागीय आदेश की अवहेलना के आरोप में निलंबित कर दिया गया है नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र अन्तर्गत बढ़नपुरा यारपुर मुख्य मार्ग पर अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से ढाई लाख रूपये लूट लिये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 हिन्दुस्तान लिखता है ओवर लोड ट्रकों से जे पी सेतु को खतरा रेलवे ने जतायी आपत्ति दैनिक जागरण ने महाराष्ट्र में सरकार गठन से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है ढ़ाई साल शिवसेना फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री पद प्रभात खबर की सुर्खी है भारत पहली बार गुलाबी गेंद से खेलेगा क्रिकेट कोलकाता के ईडेन गार्डन में होगा भारतीय टेस्ट इतिहास का पहला डे नाईट मैच दैनिक भास्कर लिखता है सितम्बर में हुई रिकॉर्ड बारिश की वजह से इस बार प्रदेश में पड़ेगी भीषण ठंढ़ दैनिक आज ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है जल जमाव बाढ़ सुखाड़ और लॉ एंड ऑडर रहेगा हावी राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है पटना मेट्रो के अध्यक्ष व निदेशकों की नियुक्ति एक माह में और अब अंत में मुख्य समाचार बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है